सम्मेलन से प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास जारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए किए जा रहे कामों की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल और इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एएस किरन कुमार ने राजभवन में आज टापर्स कॉन्क्लेव का उदघाटन किया इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश में आगामी अक्तूबर महीने के पहले सप्ताह में डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा इसका उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर सकते हैं इस सम्मेलन से प्रदेश में निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद है

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराएगा इसमें विश्व भर से निवेशक निर्माता उत्पादक नीति निर्माता और औद्योगिक संगठन हिस्सा लेंगे श्री रावत ने युवा उद्यमियों से अपेक्षा की कि वे प्रदेश में इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करेंगे इन्वेस्टर्स समिट जारी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा उत्तराखण्ड ईज ऑफ डूईग बिजनेस की सूची में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित है और यहां बेहतर कानून व्यवस्था है

इनमें खाद्य प्रसंस्करण बागवानी जड़ी बूटी आयुष प्राकृतिक रेशा सूचना प्रौद्योगिकी अक्षय ऊर्जा जैव प्रोद्यौगिकी और फिल्म शूटिंग शामिल हैं उन्होंने बताया कि निवेशक सम्मेलन से पहले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में मिनी कान्क्लेव और रोड़ शो आयोजित किए जाएंगे जिनके लिए तिथियों का निर्धारण कर लिया गया है

इस परियोजना के तहत पर्वतीय अंचल के दूरदराज गांवों में यातायात की सुविधा बढ़ने से यहां आवाजाही करने में समय की बचत भी होने लगी है पौड़ी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दो सौ सतासी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है अब तक दो सौ तेरह किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो चुकी है

गांवों तक सड़क पहुंचने से ग्रामीणों को अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचाने की सहूलियत मिली है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है इन सड़कों के निर्माण से गांवों में होने वाले अन्य निर्माण कार्यों की लागत में भी कमी आई है मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल दिनभर हुई बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ देहरादून सहित राज्य के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा परसों रात शुरू हआ वर्षा का दौर राज्य के क्छ हिस्सों में आज भी जारी रहा राजधानी देहरादून में सुबह से ही छुटपुट बारिश होती रही प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है उधर ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज भी बाधित रहा जिसे खोलने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले श्रद्वालु वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सर्वर के ठीक से काम न करने से कर्मचारी और ग्राहक परेशान हैं हमारे बागेश्वर प्रतिनिधि ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण डाक वितरण से लेकर डाक बचत योजनाओं के साथ ही अन्य कार्य से प्रभावित हो रहे हैं एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे कामों की निगरानी करेगा गंगा की सफाई के लिए गहन निगरानी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए एनजीटी ने कहा कि गठित समिति एक महीने के भीतर प्रभार संभाल ले गौरतलब है कि हरित पैनल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और आईआईटी के प्रतिनिधि पर आधारित एक समिति बनाई है समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गये हैं उदघाटन राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल और भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानि इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एएस किरन कुमार ने राजभवन में आज टापर्स कॉन्क्लेव का उदघाटन किया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कान्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एकेडमिक एक्सीलेंस का वातावरण तैयार कर विद्याार्थियों में तकनीकी विकास और आधुनिक ज्ञान के प्रति अभिरूचि को बढावा देना है उन्होंने कहा कि कान्क्लेव टॉपर्स छात्रों के साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत का काम करेगा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार ने कहा कि शुरूआती असफलताओ के बावजूद दृढ निश्चय और लगन से भारत के वैज्ञाानिको ने अपना अलग मुकाम बनाया है उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्याोगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भारतीय उपग्रहो से मौसम कृषि नेविगेशन टेलीकम्यूनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आई है

इसके निर्माण के बाद प्रदेश में आवाजाही करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी

इन स्थानों पर भूस्खलन को रोकने के लिए खास तंकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है नई तकनीक के तहत भूस्खलन को रोकने के लिए ऐसा उपचार किया जायेगा जिससे पहाड़ दरकने से पत्थर सड़क पर न आएं लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हरि ओम शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में चिन्हित स्लाइड जोन्स में भूस्खलन रोकने के लिए गैबियन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है

ऑल वैदर रोड़ जारी श्री शर्मा ने बताया कि एक बड़ा भूस्खलन क्षेत्र माने जाने वाले सांखरीधार में इसी विधि से उपचार किया गया है और इस मानसून सीजन में अब तक वहां भूस्खलन नहीं हुआ उन्होंने कहा कि ऐसे उपचार के बाद पहाड़ों से भूस्खलन की संभावना बिल्कल नगण्य हो जायेगी और सड़के पूरी तरह से साल निर्बाध आवाजाही के योग्य हो जायेंगी

यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा है जहां भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो जाती है जिससे कई बार यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना पर तेज गति से काम चल रहा है जिससे यह परियोजना समय पर पूरी हो जायेगी

इस दौरान शासन के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायकों को अपने क्षेत्र में रहकर स्थानीय लोगों को बारिश से हुए नुकसान से राहत दिलाने को कहा है